स्वस्थ होने की दर घटकर चौंसठ प्रतिशत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कोरोना के खिलाफ जंग एक जन आंदोलन बन गया है श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के समय सरकार और समाज के सभी पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमारी स्वास्थ्य प्रणाली मददगार रही है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जतायी की भारत में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर अन्य बड़े देशों के तुलना में अच्छी है श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों ने राज्यों स्थानीय निकायों सिविल सोसायटी और आम लोगों को एकजुट किया है उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ते हुये भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के साथ बहुपक्षीयता का दायरा बढ़ाने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद के समय में बहुपक्षीयता का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें समकालीन विश्व की वास्तविकता परिलक्षित हो श्री मोदी ने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर रहा है प्रदेश में कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिये कल एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर आयेगी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल करेंगे उन्होंने बताया कि इस टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस के सिंह और दिल्ली एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल रहेंगे यह टीम राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने के किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा करेगी और सरकार को सुझाव देगी श्री चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों सरकारों ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में जांच संक्रमण क्षेत्रों और हॉटस्पॉट के बारे में चर्चा की गई है प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक हजार सात सौ बयालीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेईस हजार तीन सौ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक पटना से सबसे अधिक तीन हजार दो सौ पैंतालीस मामले सामने आये हैं जिले में अब तक अट्ठाईस मरीजों की मौत हो चुकी है वहीं भागलपुर से एक हजार चार सौ पचपन बेगूसराय से एक हजार छियासठ और सिवान से एक हजार पैंसठ मामले पॉजिटिव पाये गये हैं सबसे कम एक सौ चालीस मामले शिवहर से आये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस वैश्विक महामारी से अब तक एक सौ संतानवे लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहीं अब तक चौदह हजार नौ सौ संतानवे लोगों को उपचार के बाद छट्टी दी जा चूकी है स्वस्थ होने दर घटकर चौंसठ प्रतिशत हो गयी है पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव और उनकी पत्नी कोविड उन्नीस संक्रमित पाये गये हैं श्री यादव के एक निजी सहायक समेत पांच अन्य स्टाफ भी पॉजिटिव पाये गये हैं इधर हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे के प्रशासनिक विभाग में कार्यरत एक कर्मी के पॉजिटिव पाये जाने के बाद मुख्यालय को तीन दिनों के लिये बंद कर दिया गया है पटना के फुलवारीशरीफ स्थित ईएसआईसी अस्पताल के एक चिकित्सक समेत तीन अन्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं इन सभी को होम क्वारंटीन कर दिया गया है गया जिले के शेरघाटी में एसटीएफ के बारह जवान कोरोना संक्रमित हो गये हैं इन सभी के निकट संपर्कों की तलाश की जा रही है इधर मूंगेर से हमारे संवादाता ने बताया है कि सदर अस्पताल और निजी नर्सिंग होम के तीन चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं शहर के अधिकांश नर्सिंग होम बंद हो गये हैं जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिले के बाईस डाककर्मी भी पॉजिटिव पाये गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड उन्नीस के लक्षण वाले मरीजों का निर्धारित स्वास्थ्य संस्थानों में जांच करवाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस तरह की व्यवस्था तत्काल शुरू करने और इसकी जानकारी विज्ञापन और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया श्री कुमार ने एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने और होम आईसोलेशन में रह रहे लोगों की लगातार निगरानी करने को भी कहा प्रदेश के नर्सिंग स्कूलों को कोविड मरीजों के लिये आईसोलेशन केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये यह फैसला लिया गया है उन्होंने बताया कि अन्य सरकारी भवनों को भी आईसोलेशन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिये चिन्हित किया जा रहा है कोविड उन्नीस से स्वस्थ हो चुके मरीजों द्वारा कल पटना एम्स में प्लाज्मा दान किया गया

गौरतलब है कि पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कल इस अभियान की शुरूआत की है एम्स में प्लाज्मा थेरेपी की शुरूआत के बाद से अब तक चौबीस लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है पटना शहरी क्षेत्र में पच्चीस स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड उन्नीस के रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गयी है संक्रमण के लक्षण वाले मरीज चिकित्सक की सलाह पर इन स्थानों पर जांच करवा सकते हैं विशेष जानकारी जिला चिकित्सा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो चार नौ नौ छह चार से प्राप्त की जा सकती है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में प्रवेश के लिये इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत अंक की शर्त नहीं होगी आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कई बोर्डो की बारहवीं की परीक्षा आंशिक रुप से रद्द किए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों से चुनावों और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उप चुनाव होने हैं महामारी की मौजूदा स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून दो हजार पांच के तहत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं आयोग ने कहा कि मास्क पहनना सामाजिक दूरी बनाए रखना भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध लोगों के तापमान की जांच और सेनिटाइजेशन जैसे अनेक ऐहतियाती उपाय किये गये हैं आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचारों और सुझावों के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चूनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार आठ जिलों के तीस प्रखंडों की दो लाख से अधिक की आबादी बाढ़ का सामना कर रही है दरभंगा जिले के गोपालपुर गांव के पास बागमती नदी का जमींदारी बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं कमला और करेह नदियों में उफान के कारण क्शेश्वरस्थान प्रखंड के आधा दर्जन पंचायत बाढ़ की चपेट में आ गये हैं केवटी में बागमती नदी के तटबंध में रिसाव शुरू हो गया हैं जिससे गोपालपुर और माधोपट्टी में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के कई क्षेत्रों की सड़कों पर पानी आ गया है यहां कमतौल जगवन बरदाहा सड़क पर तीन फीट पानी बह रहा है मच्चा के पास सुरक्षा बांध ट्रटने से सिंगिया की ओर पानी बढ़ने लगा है सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इधर किशनगंज की लगभग सौ पंचायतों पर बाढ़ का खतरा मंडराने के मद्देनजर पचहत्तर नावे छह मोटरबोट और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गयी है दुसरी तरफ खगड़िया जिले में कोसी नदी में उफान से पचपन गांव प्रभावित हुये हैं लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालने के लिये छत्तीस नाव का परिचालन किया जा रहा है लोगों के रहने के लिये एक सौ चौबीस स्थान चिन्हित किये गये हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डूडू ने बताया कि प्रदेश के तीन जिलों सुपौल दरभंगा और गोपालगंज में बीस सामुदायिक किचन चलाये जा रहे हैं यहां पर बाढ़ प्रभावित ग्यारह हजार लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है इधर प्रदेश में बाढ़ के पानी में डूबने से बारह लोगों की मौत हो गयी मृतकों में सीतामढ़ी के चार दरभंगा और पूर्वी चंपारण के तीन तीन तथा समस्तीपूर और मध्बनी के एक एक लोग शामिल हैं प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है गंगा गंडक बूढ़ी गंडक को छोड़कर सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गयी है हालांकि अब भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न घाटों पर तेजी से बढ़ रहा है हालांकि बक्सर में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है वहीं गंडक नदी मुजफ्फरपुर जिले के रेवाघाट में खतरे के निशान से ऊपर और वैशाली जिले के हाजीपुर में लाल निशान के आसपास बह रही है रेवाघाट पर नदी का जलस्तर चौवन दशमलव छह आठ मीटर रिकॉर्ड किया गया जो लाल निशान से बीस सेंटीमीटर ऊपर है इधर बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया जिले में विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है बागमती नदी के जलस्तर में कमी हो रही है लेकिन सीतामढ़ी जिले के कटौंझा और मुजफ्फरपुर में यह अब भी लाल निशान से ऊपर बनी हुई है वहीं कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में स्थिर बना हुआ है कोसी महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में कमी आयी है स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस लाख अड़तीस हजार सात सौ सोलह है वहीं देश भर में अब तक छह लाख तिरपन हजार सात सौ इक्यावन रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या छब्बीस हजार दो सौ तिहत्तर हो गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिये पंजीकरण की अंतिम तिथि बाईस जुलाई तक बढ़ा दी है पहले यह तारीख सत्रह जुलाई तक निर्धारित थी राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के तहत निबंधित ठेकेदारों को लेबर लाइसेंस में छूट दी है अब पचास से कम मजदूरों से काम कराने वाले ठेकेदारों को लेबर लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा पहले बीस से अधिक मजदूर होने पर लाइसेंस लेना अनिवार्य था पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू के खिलाफ असंतुष्ट पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है निगम प्रशासन को सौंपे पत्र में चौवालीस पार्षदों के हस्ताक्षर हैं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 दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र में संबोधन को प्रकाशित करते हुये लिखा है महामारी ने दिया यूएन में सुधार का मौका हिन्दुस्तान की सुर्खी है नर्सिंग स्कूलों में बनेंगे आईसोलेशन वार्ड प्रभात खबर देश में कोरोना वैक्सीन के परीक्षण पर लिखता है पहली दवा वैक्सीन के मानव परीक्षण में कोई साइड इफेक्ट नहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है बीसीजी का टीका साठ से पंचानवे साल तक के बुजुर्गों को लगाकर देखेंगे यह कोरोना से बचाने में कितना कारगर आज और राष्ट्रीय सहारा ने राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है

स्वस्थ होने की दर घटकर चौंसठ प्रतिशत